इसके लिए प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को नामांकित कर यह दायित्व सौंपा जाए उन्होंने कहा कि हर हालत में सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखा जाए बैठक में बताया गया कि ऐसे लोग जो लॉक डाउन में कही फँस गए हैं उनकी प्री मदद की जाएगी

उनकी पूरी मदद की जाएगी ये सभी राज्य कंट्रोल रूम ओपाल के फोन नम्बर है प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि इस रोग की जांच और इलाज के सभी कार्य जिलों में चल रहे हैं संभागों तक थ्री लेयर मास्क पहँचाए गए हैं

प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय श्क्ला ने जानकारी दी कि राज्य में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं मेडिकल कालेज और बड़े निजी अस्पताल को अधिकृत कर उपचार का कार्य किया जा रहा है इनमें अधिक क्षमता से कार्य होगा अतिरिक्त रूप से आवश्यक बेड की व्यवस्था भी की जा रही है प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर होस्टल्स आदि में रह रहे विद्यार्थियों के लिये भी भोजन सामग्री आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ सरकार दवारा की जा रही हैं

इसके अलावा शिवप्री में दो तथा ग्वालियर में एक कोरोना संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं

सभी जिलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति है हालांकि आवश्यक सेवाओं और वस्त्ओं की सप्लाई स्निश्चित की जा रही है नागरिकों से अन्रोध किया जा रहा है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले आदा चक्की राज्य शासन ने सभी संभागीय आय्क्त जिला कलेक्टर और जिला प्लिस अधीक्षक को निर्देश जारी किये हैं कि सभी आटा चक्कियों और फ्लोर मिलों को निर्धारित समयावधि में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ख्ला रखने की अन्मति प्रदान करें

इस अवधि में दूध वालों को अनावश्यक रूप से न रोका जाये साथ ही अत्यावश्यक सेवा के रूप में दूध का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान्य रूप से कराया जाये वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे परिवार जिनमें किसी सदस्य का निधन हो गया हो अथवा किसी महिला की डिलेवरी होने वाली हो अथवा कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उन्हें अपने परिवार तक पहुँचाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक अन्मति प्रदान की जाये ऐसे प्रकरणों में मरीज प्रसूता को अस्पताल जाने आने में रोक टोक न की जाये सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन भी कराया जाये

प्रावधानित राशि का आवश्यकतान्सार आवंटन वित विभागा दवारा किया जायेगा

शराब दूकान म्ख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्यिक कर आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि पूरे प्रदेश में सभी देशी एवं विदेशी शराब की द्कानें तत्काल प्रभाव से बंद कराई जायें उन्होंने कहा है कि कोई भी शराब द्वकान ख्ली पाये जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये

पहली अप्रैल से प्रभावी नयी दरें एक्सद्गर्नल बैंच मार्क रेट ईबीआर और रेपो लिंकड लेंडिग रेट आरएलएलआर आधारित ऋण के कर्जदारों पर लागू होंगी

डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ हैंड सैनिटाइजर और वैंटिलेटर सहित चार जरूरी उपकरणों के साथ कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार है

अब डीआरडीओं ने अपने सप्तर पर इसे विकसित किया है इस लिए राषद्रीय राजधानी में सेना के बडे कार्यालयों में यह बडी संखग्ना में रखा जा रहा है

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए मालगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा

इस परियोजना ने प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं रीवा सौर परियोजना ऐसी प्रथम सौर परियोजना है जिससे प्राप्त विद्य्त तापीय ऊर्जा से प्राप्त विद्य्त से सस्ती है मौसम बारिश मध्यप्रदेश मौसम के बदलते मिजाज के बीच कल रात भी प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हयी बारिश से रवी की फसलें गेंह चना सरसो सहित अन्य प्रभावित काफी हद तक प्रभावित हयी है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अजय श्क्ला ने बताया कि आज भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक की स्थिति या फिर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है

यह दल प्रशासनिक परिस्थितियों में कोरोना वायरस के प्रकोप की समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी सेवायें चौबीस घंटे देंगे ग्वालियर में कमांड कोंट्रोल सेंटर दवारा संचालित व्हाट्सैप वीडीयो कॉल को नागरिकों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है

आजीविका मिशन बड़वानी के स्व सहायता समूहो दवारा नोबल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सस्ती दर पर मास्क बनाकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं